मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक महामारी के दौरान भी ब्रिक्स अपनी गति को जारी रखने में सक्षम रहा है वैश्विक स्थिरता साझा सुरक्षा और सतत विकास विषय पर वर्चुअल तरीके पर आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है उन्होंने कहा कि आतंकियों को मदद और संरक्षण प्रदान करने वालों को दोषो ठहरा कर इस समस्या का संगठित ढंग से मुकाबला किया जाना चाहिये बाइट इस साल के समिट का थीम ब्रिक्स पाटर्नरशिप फार ग्लोबल स्टैबिलिटी सैड सिक्यूरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्रासंगिक तो है ही किन्तु दूरदर्शी भी है विश्व में महत्वपूर्ण जीव स्टैटजिक बदलाव आ रहे है जिनका प्रभाव स्टैबिलिटी सिक्युरिटी और ग्रोथ पर पड़ना और पड़ता रहेगा और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है हमें यह सुनिश्ति करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाये और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाये

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखण्ड स्थित बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे इस मौके पर श्री योगी ने कहा कि पयटक आवास गृह का निर्माण पूर्ण हो जाने पर बद्रीनाथ धाम आने वाले प्रदेश के श्रद्धालुओं को सुविधा होगी

यह सभी डबल बेड रूम होंगे

पर्यटक आवास गृह का भवन स्थानीय गढ़वाली स्थापत्य शैली में निर्मित किया जाएगा

मृत्युदर एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफो कम है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

प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने पांच फीसद या उससे अधिक कोरोना पॉज़िटिव मामलों वाले ज़िलों में परीक्षण लक्ष्यों की पुर्नसमीक्षा करने का निर्देश दिया है

श्री तिवारी ने कहा कि जिन इलाकों में अधिक संख्या में पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हं वहां कांटेक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाया जाये और जांच के काम को और अधिक बढ़ाया जाये उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाली प्रमुख ट्रेनों हवाई जहाज और बस यात्रियों की भी रैंडम आधार पर एंटीजन जांच की जाये इसके अलावा मुख्य सचिव ने कोविड अस्पतालों में पयाप्त स्टॉफ दवाएं आक्सीजन सहित अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर इसका लगातार अनुश्रवण भी किया जाये मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं इसलिये सीमावर्ती जिलों में विशेष सर्तकता बरतने की जरूरत है और जानकारी आकाशवाणी संवाददाता से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे हुए जिलों में हाल ही में कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से ऐसे इलाकों में खास एहतियात बरता जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कई बार अधिकारियों से लखनऊ और मेरठ जिलों में खास सावधानी बरतने को कहा है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद भी कोविड के परीक्षणों में कोई कमी नहीं की गई है और यह पहले की तरह ही किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर हर व्यक्ति को काफी सावधानी बरतनी चाहिए और सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पालन करना चाहिए

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

यह भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लीनिकल परीक्षण है भारत के औषधि महानियंत्रक ने इसे मंजूरी दे दी है भारत बायोटेक भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है

जरूरी सुरक्षा सावधानियों के अलावा संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विभागों और छात्रों के बैचों के लिये पूरी तरह रोस्टर के साथ चरणबद्ध तरीके से परिसर खोलने का विवरण तैयार करना होगा शिक्षकों अधिकारियों कर्मियों और छात्रों को आईकार्ड पहनना अनिवार्य होगा संकाय छात्र कर्मचारी को एक दूसरे से बचने के लिये नियमित रूप से जांच जरूरी होगी परिसर में आगंतुकों को बिल्कुल अनुमति नहीं दी जायेगी

प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी को देखते हुए अपने पेंशनधारकों को अपने घर के पास ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए अनेक विकल्प दिए हैं इन सभी वैकल्पिक माध्यमों से जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से वैध होगा

यह प्रमाण पत्र देशभर में फैले सामान्य सेवा केन्द्रों और ईपीएफ पेंशन धारक उमंग ऐप पर जमा कराए जा सकते हैं